आज राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनोहिल्स दोईमुख में आयोजित यूनीफेस्ट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री रिजिज़ ने कहा कि राज्य की एकता बनाए रखने और त्वरित विकास के लिए छात्रों और शिक्षण संकाय के सदस्यों को भी सक्रिय रुप से सहयोग करना चाहिए उन्होंने प्रदेश के यूवाओ से राज्य की जनजातीय कला संस्कृति बोली और खेलकूद को बढ़ावा देने का आह्वान किया श्री रिजिजू ने शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद को भी प्रोत्साहित करने पर जोर दिया इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति साकेत कुशवाहा ने विश्वविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी यूनीफेस्ट के समापन समारोह में खेल कूद के अलावा राज्य की जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया

उन्होंने अधिकारियों के साथ कार्य के प्रगति की जानकारी ली शिक्षा मंत्री ने बासार क्षेत्र के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओ का जायजा लिया उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और परियोजनाओ को त्वरित गति से पूरा करने का निर्देश दिया

उन्होंने कहा कि इस पहल से अंतर्धार्मिक सद्भाव और सौहार्द बढ़ेगा सिख श्रद्धालुओ का पहला जत्था कल करतारपुर गलियारे से पाकिस्तान में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच सौ भारतीय श्रद्धालुओ के पहले जत्थे को रवाना किया जत्थे का नेतृत्व अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी सिंह ने किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हरसिमरत कौर बादल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने कल करतारपुर साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे में अपना मत्था टेका श्री सिंह ने उम्मीद जताई है कि करतारपुर गलियारा दोनो पड़ोसी देशों के बीच के संबंधों को सुधारने में मददगार साबित होगा त्रिप्रा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला का दीक्षांत समारोह रवींद्र शतवार्षिकी भवन में संपन्न हुआ इस अवसर पर त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने छात्र छात्राओ को बधाई देते हुए कहा कि युवा हमारे देश की ताकत है उन्होंने कहा कि देश के युवाओ ने दुनिया में हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित की है परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर और ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह को इस समारोह में उपाधि दी गई दीक्षांत समारोह में सत्रह पीएचडी एक सौ अड़सठ एमटेक चौदह एमबीए तेरह एमसीए तीस बीएसएमएस सात बीटीएमटी छह सौ अड़तीस बीटेक सत्ताइस बीएस और दस बीटी छात्र छात्राओं समेत कुल नौ सौ पैंतालीस छात्र छात्राओ को उपाधियां प्रदान की गई

उनका जन्म पांच सौ बहत्तर ईसवी में साऊदी अरब के शहर मक्का में हुआ था पैगम्बर साहब के जीवन और शिक्षाओ की जानकारी देने के लिए जगह जगह मिलाद महफिलों और सीरत सम्मेलनों का आयोजन किया गया है

इस तुफान की वजह से पश्चिम बंगाल में तीन और ओड़िशा में एक व्यक्ति की मौत हो गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार त्रफान से पश्चिमी बंगाल के उत्तरी और दक्षिण चौंबीस परगना पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपूर हावड़ा हुगली और कोलकाता जैसे कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और कई मकानों को भी नुकसान पहूचा है तूफान के असर से हुई भारी बारिश से कई इलाकें पानी में ड्रब गए है ओड़िशा में जाजपुर जगतसिंहपुर केंद्रपाड़ाभद्रक और बालेश्वर जिले तुफान की चपेंट में आए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तुफान ब्रुलबुल से उत्पन्न स्थिति से निपटाने के लिए पश्चिम बंगाल को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है

आपसी मेलजोल और राज्य की जनजातियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस यूवा महोत्सव में प्रदेश के सभी हिस्सों के यूवा हिस्सा ले रहे है महोत्सव के दौरान लोकनृत्य और स्थानीय परिधानों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है

आज का अधिकतम तापमान पचीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया